पश्चिमी सिंहमूम जिले के पोड़ाहाट जंगल में आज सुबह सुरक्षाबलों और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें सुरक्षाबलों ने तीन उग्रवादी को मार गिराया है वहीं एक उग्रवादी को गोली लगी है जो गंभीर रूप से घायल है जिले के एसपी इंद्रजीत महथा ने बताया कि पोड़ाहाट जंगल के मनमारू गांव के निकट पीएलएफआई कमांडर अजय पूर्ति चंपा और मोदी के दस्ते की होने की सूचना मिली इस सूचना पर जिला पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था

राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव इसमें हिस्सा लेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार और इसकी कार्य कुशलता बढ़ाते समय उपमोक्ताओं की संत्रष्टि में वृद्धि की जरूरत पर जोर दिया है प्रधानमंत्री ने कल शाम बिजली मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कायोँ की समीक्षा की

श्री मोदी ने विभिन्न प्रदेशों और इलाकों में बिजली क्षेत्र की समस्याओं विशेषकर बिजली वितरण की ओर ध्यान दिलाया प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र की सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने पर और छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए नई तकनीक की जरूरत पर भी बल दिया दुमका जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी इस कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाए वरदान साबित हो रही है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार की इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है

जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमित मरीज के गांव शुबदीडीह को जिला प्रशासन ने सील कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर मरीज के ट्रेवल और कांटेक्ट हिस्ट्री की जानकारी ली संक्रमित संपर्क में आए व्यक्तियों का सैंपल संग्रह कर जांच के लिए भेजा गया दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच हिमाचल के अगरतला और आस पास के इलाकों में फंसे झारखंड के हजारों श्रमिकों को लेकर करीब श्रमिक स्पेशल ट्रेन मध्यरात्रि लातेहार रेलवे स्टेशन पहुंची

राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने एयरपोर्ट पर मजदूरो का स्वागत किया प्रदेश पहुंचे प्रवासी मजदूरों को स्वाास्थ्य जांच के बाद सैनेटाइजड बसों के द्वारा उनके गृह जिलों के लिए भेजा गया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 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी श्रमिकों से अनुरोध किया है कि वे राज्य में वापसी के लिए झारखंड के सहायता पोर्टल पर अपने को फिर से पंजीकत करें श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों की राज्य में वापसी के लिए समी उपाय कर रही है इधर लॉकडाउन के चौथे चरण में आज से शहरी क्षेत्रों में लघ् और मध्यम औदयोगिक इकाइयों को प्रतिबंधों में रियायते दी गई है गैर संक्रमित क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां चालू हो जाएंगी और आर्थिक गतिरोध दूर होने का सिलसिला शुरू होगा

जिले में हाईटेक आइसोलेशन बेड्स की संख्या लगभग डेढ़ सौ है मरीजों की मानवरहित देखभाल के लिए कोबोट जैसा प्रयोग भी सफल होता दिख रहा है मरीजों को खाना पानी एवं दवाइयां इन हाईटेक उपकरणों के जरिए उपलब्ध कराना आसान हुआ है

राज्य में पिछले चौबीस घंटे के भीतर सोलह कोरोना मरीज स्वस्थ हए हैं इसके साथ ही अब तक एक सौ एकावन मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चूके हैं राज्य का रिकवरी रेट अब चालीस प्रतिशत से बढ़कर बयालीस प्रतिशत हो गया है

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं

यह कार्यक्रम शाम सात बजकर दस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है श्रोता यात्री रेलगाड़ियों के बारे में हमारे स्टुडियो में बैठे विशेषज्ञों र्से फोन पर अपने सवाल पूछ सकते हैं

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी वीर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी

झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने आज से मैट्रिक और इंटरमीडियेट परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया है राज्य में इक्यावन केन्द्रों पर करीब दस हजार परीक्षक कॉपियों की जांच कर रहे हैं

पुलिस ने हत्याकांड के पीछे का कारण तांत्रिक सिद्धी बताया और सभी चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब संक्षिप्त खबरें हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखंड के बराय में होम क्वारेन्टीन में रह रहे एक व्यक्ति की कल मौत हो गई

पाकुड़ जिले में धूलियान मालपहाड़ी बाईपास सड़क पर ट्रक की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गयी चतरा के मयूरहंड थाना क्षेत्र के झरदाग गांव में घर की एक जर्जर दीवार गिरने से एक ही परिवार के चार लोग घायल हो गए

उसके पास मिले पहचान पत्र से पुलिस ने उसके घर वालों से सम्पर्क किया और अपने संरक्षण में शव का अंतिम संस्कार कराया